ऊना जिला की हटली पंचायत में अति निर्धन पशु कल्याण समिति के वार्षिक कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि इससे पशु पालकों को बेहतर सुविधाए मिलेंगी वीरेन्द्र कवर ने कहा कि सरकार पश् पालको की सुविधा के लिए कई योजनाए चला रही हैं ताकि किसानों की आय दोगुनी की जा सके उन्होंने कहा कि किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी कर कृषि गतिविधियों और पशु पालन के लिए के लिए ऋण की व्यवस्था की जा रही है वीरेन्द्र कंवर ने किसानों को इस सुविधा का लाभ लेने का आग्रह किया भाजपा बैठक प्रदेश भाजपा चुनाव सभिति की बैठक पार्टी अध्यक्ष राजीव बिंदल की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रहे बैठक में राज्यसभा सदस्य के लिए हिमाचल से भेजे जाने वाले नामों पर विस्तृत चर्चा हुई और एक पैनल राष्ट्रीय नेतृत्व को भेजने का निर्णय लिया गया बैठक में भाजपा संगठन मंत्री पवन राणा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती और सांसद रामस्वरूप शर्मा सहित पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे मारकंडा कृषिमंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा है कि लाहौल स्पिति में हींग और केसर की खेती की जाएगी और इसके लिए तुर्की से तकनीक हासिल की गई है वे कल कुल्लू जिला के भुंतर में लाहौल स्पिति छात्र एसोसिएशन द्वारा आयोजित सांस्कृतिक संध्या शगुन में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे मारकंडा ने कहा कि लाहौल घाटी की जलवायू और मिट्टी हींग व केसर की खेती के लिए अनुकूल है और इसकी खेती के लिए किसानों को तैयार किया जा रहा है कृषिमंत्री ने कहा कि इन दोनों उत्पादों की खेती से किसानों की आमदनी में गुणात्मक वृद्धि होगी और सरकार इसके लिए हर सम्भव सहायता प्रदान करेगी पोषण अभियान लोगों के पोषण स्तर में सुधार के लिए केन्द्र सरकार पोषण अभियान का प्रमुख कार्यक्रम चला रही है इसके तहत बच्चों गर्भवती स्त्रियों और धात्री महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है

शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपूर के वार्षिक समारोह में आज ये बात कही

सरवीण चौधरी ने कहा कि प्रदेश ने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास किया है और साक्षरता दर में हिमाचल केरल के बाद देशभर में दूसरे स्थान पर है

मुख्य सचेतक नरेन्द्र बरागटा ने जुब्बल स्थित लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय सरस्वती नगर के वार्षिक समारोह की अध्यक्षता करते हुए ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि गुम्मा जरोल टिक्कर व रोहडू व कोल्ड स्टोर का उन्नयन प्रदेश बागवानी विकास योजना के तहत किया जाएगा बरागटा ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए लोगों को स्वास्थ्य विभाग के सुझाए गए मानकों को अपनाने का आग्रह किया

एसडीएम अमर नेगी ने केलंग बस अड्डे से बस को हरी इंडी दिखाकर रवाना किया